देश के पहले वर्चअल राष्ट्रीय खिलौना मेले की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल करेंगे शुरूआत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

दस जिलों बारां चित्तौड़गढ़ च्रू दौसा श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जैसलमेर सवाई माधोपुर सीकर और सिरोही में कोई भी नया मामला नहीं मिला

इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं

पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र और केरल राज्यों में कोविड संकमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृखंला जनता का संदेश जनता के नाम प्रसारित की जा रही है जिसमें हमारे श्रोताओं के संदेश पढ़े और सुनाए जाते हैं

कोरोना वैक्सीन ले चुके श्रोता भी अपना अनुभव साझा कर सकते हैं

इनमें राजस्थान का क्म्भलगढ़ किला जैसलमेर किला और रामदेवरा भी शामिल हैं

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक्रमों को साझा करने का आग्रह किया लोग नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये इसकी शुरूआत करेंगे दो मार्च तक चलने वाले इस मेले में देश के विभिन्न राज्यों से खिलौने बनाने वाली इकाइयां अपने खिलौने प्रदर्शित करेंगी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे इस मेले में प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी स्थीनय खिलौना निर्माता और इकाइयां भाग लेंगी

कार्यकम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपना संबोधन देंगे ये खेल दो मार्च तक चलेंगे

जैसलमेर में चल रहे विश्वविख्यात मरु महोत्सव के तीसरे दिन आज देनानसर स्टेडियम में रोचक प्रतियोगिताएं होंगी ऊंट श्रंगार शो आर्मी बैंड प्रदर्शन शान ए मरुधरा रस्साकशी पनिहारी दौड़ कबड्डी और कैमल टेट् शो आयोजित होंगे रात को खुहड़ी के रेतीले धोरों पर लोकगीतों और लोकनृत्यों की धूम रहेगी वहीं करौली में भरने वाला शिवरात्रि पशु मेला कोरोना संकमण के मद्देनजर प्रशासन ने निरस्त कर दिया है

इस मेले में प्रदेश के अलावा कई अन्य प्रांतों के पश् पालक और व्यापारी भाग लेते हैं

इसका आयोजन फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल की ओर से राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम के सहयोग से किया जा रहा है समिट का उद्देश्य चौथी औद्योगिक क्रांति में नौकरियों के भविष्य पर विचार विमर्श करना और अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को समझना होगा

राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने शुरूआत में संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का वाचन किया जिसे सभी प्रतिभागियों ने दोहराया उन्होंने कहा कि कृषि और पशुपालन के सामंजस्य से किसानों की आय को तिगुना करने की संभावनाएं हैं इसलिए पशुपालन पर ध्यान देने की जरूरत है

मौसम विभाग ने कहा है कि एक मार्च से एक बार दोबारा तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज होगी वर्तमान में राज्य के अधिकतर भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान औसत से करीब तीन से पांच डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं विभाग के अनुसार उत्तर भारत में रविवार को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है इस सिस्टम के प्रभाव से ही तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज हो रहे हैं

इस जीत के साथ ही भारत ने श्रृंखला में दो एक की बढ़त बना ली है